श्री मोदी ने वर्च्अल कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयप्र को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आयुर्वेद भारत की विरासत है जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई समाई हुई है उन्होंने कहा कि हमारा पारंपरिक ज्ञान अब अन्य देशों को भी समृद्ध कर रहा है इस ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया जाना आवश्यक है श्री मोदी ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि डब्ल्यूएचओ ने सेंटर फॉर लोकल मेडिसन की स्थापना के लिए भारत को चुना है देश की आरोग्य निधि का आयुर्वेद एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उन्होंने कहा कि देश में पहली बार भारत के प्राचीन चिकित्सा ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा ज्ञान के साथ जोड़ा जा रहा है

संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या दो लाख के करीब पहुंच गई है

पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट विधायक कालीचरण सराफ करौली धौलपुर से सांसद मनोज राजोरिया और गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को कोरोना होने की पुष्टि हुई है श्री पायलट ने एक ट्वीट कर कहा कि उनके संपर्क में पिछले दिनों जो भी लोग आएं हैं वे अपनी जांच कराएं और सावधानी बरतें दीपोत्सव का पर्व आज धन तेरस के साथ शुरू हो गया है धन तेरस को धन्वंतरि जयंती और आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयूर्वेद दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है

इससे पेंशन पाने वाले व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं

इस सुविधा को देशभर में उपलब्ध कराने के लिए पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने की योजना बनाई है इससे घर घर जाकर पेंशनधारकों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने की सुविधा शुरु की गई है

प्रदेश में सर्दी का असर जारी है